जम्मू कश्मीर में स्थिति में और सुधार प्रतिबंधों में ढील दी गई प्रदेश में मानसून का दौर कमजोर पडा अभी तक हुई तेज वर्षा के कारण प्रदेश के बांधों में पानी की अच्छी आवक

ईद उल अजहा का पर्व पूरे प्रदेश में कल श्रद्धापूर्वक मनाया जायेगा बोहरा समाज ने आज मनाई ईद भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक दिवसीय किकेट मैचों की श्रंखला का दूसरा मुकाबला अब से कुछ देर बाद पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जायेगा

गृहमंत्री आज चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पर एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे

इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जम्मू केश्मीर में हालात सामान्य है जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार जारी है और घाटी में धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल हो रही है श्रीनगर के जिला विकास आयुक्त शाहिद चौधरी के अनुसार शहर के अधिकतर हिस्सो में लोगो के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गयी है उन्होंने कहा कि श्रीनगर में ढाई सौ से ज्यादा एटीएम काम कर रहे हैं और कर्मचारियों के खातों में अग्निम वेतन कल ही अंतरित कर दिया गया है प्रतिबंधों में ढील के दौरान सड़कों पर सैकड़ों लोग ईद की खरीदारी करते देखें गए इस बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ईद की तैयारियों और अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं की कल श्रीनगर में समीक्षा की उन्होंने कहा कि शासन यह सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा है कि ईद के मौके पर लोगों के लिए अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध रहें श्री मलिक ने आश्वस्त किया कि प्रशासन हरसंभव उपाय कर रहा है ताकि लोग ईद की खुशियां मना सकें उन्होंने लोगों से अपील की कि वे निश्चिन्त होकर और शांतिपूर्वक ईद मनाएं डोडा जिले के भद्रवाह शहर और आसपास के इलाको में भी प्रतिबंध में चरणबद्ध तरीके से ढील दी गयी राज्य प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों पर भरोसा ना करें जम्मू संभाग में हालात सामान्य है

केन्द्र ने उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है प्रस्तावित नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देश में स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने के साथ साथ देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित करना है सरकार ने बजट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों के स्थापना के लिए चार सौ करोड़ रुपये आवंटित किये है बड़े स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमो की शुरुआत से वंचित तबके के छात्रों में डिजिटल डिवॉइड को कम करने में मदद भिल रही है इसके अलावा सरकार खेलों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी

आज लगभग सभी जगह बादल छाये रहे झालावाड में देर तक रिमझिम बारिश का दौर चला लेकिन कहीं उल्लेखनीय वर्षा नहीं हुई

सात जिले अभी भी सामान्य से कम वर्षा की श्रेणी में बने हुए है तेज बारिश के कारण इस बार बांधो में पानी की आवक भी अच्छी हो रही है

अच्छी वर्षा से राज्य का मौसम सुहाना हो गया है जिसके कारण पर्यटक स्थलों पर चहल पहल बढ गई है हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि माउंटआदू में आज देशी विदेश सैलानियों ने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया

यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी के निधन के कारण खाली हुई है उधर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है

नहरों की मरम्मत की यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है बजट जारी होने के साथ ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी नहरों की मरम्मत के लिये तैयार किये गये प्रोजक्ट को गति देने में जुट गये है पिछली नहरबंदी में नहरों के पंजाब में पडने वाले हिस्से की मरम्मत का काम किया गया था अगली बंदी में राजस्थान में आने वाले हिस्से में इंदिरागांधी नहर और भाखडा नहर की मरम्मत का काम शुरू होगा

पुलिस और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारे बंदोबस्त कर लिए है जयपुर के ईदगाह में कल सवेरे विशेष नमाज अदा की जाएगी ईद को देखते हुए बाजारों में बकरों की खरीद फरोख्त चल रही है इस मौके पर अजमेर के दरगाह शरीफ में दोपहर की नमाज तक जन्नती दरवाजा खोला जाएगा इस बीच टोंक में ईदगाह कमेटी ने कल ईदगाह में होने वाली नमाज की तैयारियों को लेकर जायजा लिया इधर दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज आज ही बकरीद का त्योहार मना रहा है जबकि बाकी मुस्लिम समाज बकरीद कल मनाएगा अजमेर में दाऊदी बोहरा समाज ने आज सुबह विशेष नमाज अदा कर पारम्परिक आस्था के साथ इस त्योहार की शुरूआत की इस अवसर पर घरों में बकरों की कूर्बानी दी जा रही है उदयपुर में भी बोहरा मस्जिद में अकीदतमंदों ने नमाज अदा की और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी यहां भी घरों में बकरों की कुर्बानी दी जा रही है शाम को दावतों का सिलसिला शुरू होगा

श्री ॅगहलोत ने अपने पैगाम में कहा कि कुर्बानी का यह त्यौहार हमें दूसरों के लिए त्याग करने की प्रेरणा देता है विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है

एक सप्ताह के इस मेले में प्रदेशभर से लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया मेले के आखिरी दिन आज बडी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड रही

नागौर में भी वृक्षारोपण कार्यकम आयोजित किया गया इसमें लोगों ने खेजडी बड़ पीपल और नीम के पौधे लगाये

अभियान के दौरान बूथ लैवल अधिकारी जीपीएस लोकेशन के सर्वे के लिये घर घर जायेंगे भरतपुर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई यात्रा में सैंकडो लोग तिरंगा लहराते हुए शामिल हुए

इसके लिये आज अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यो की बैठक ली बूंदी के बडानया गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई

यह मैच शाम सात बजे शुरु होगा आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम सात बजे से हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा इसे राजधानी एफ एम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों तथा प्रसार भारती के यू ट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है तीन मैचों की श्रंखला का पहला मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया था इसलिये आज का मैच जीतकर दोनो ही टीमें बढत लेना चाहेंगी

किसी भी तरह के हादर्स की आशंका के मद्देनजर पर्यटकों को यह सलाह दी गई है बाघ को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है